कंटेनमेन्ट जोन के अलावा अन्य इलाकों में कई तरह की छूट दी जाएगी सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण और कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे

राज्य सरकार ने कंटेनमेन्ट जोन की नई परिभाषा तय की शहरी क्षेत्रों में संक्रमण का मामला मिलने पर ढाई सौ मीटर दायरे को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जाएगा

प्रदेश सरकार ने इकत्तीस मई तक लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कंटेनमेन्ट जोन के अलावा अन्य इलाकों में कई तरह की छूट दी गई हैं नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ानों पर प्रतिबन्ध रहेगा मेट्रो रेल सेवाएं भी बन्द रहेंगी सभी स्कूल कॉलेज शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति दी जा सकती है केवल होम डिलीवरी देने वाले रेस्तरां खोलने की अनुमति होगी मिठाई की द्कानें खोलने की भी अनुमति दी गई है लेकिन इन दुकानों में बैठकर खाने पर प्रतिबन्ध रहेगा सभी सिनेमाहॉल शॉपिंग मॉल जिम स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर एसेम्बली हॉल बन्द रहेंगे खेल परिसरों और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन इनमें दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा सभी तरह की सामूहिक गतिविधियों वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध रहेगा राज्य में सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बन्द रहेंगे प्रदेश में परिवहन के सम्बंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा दो व्यक्ति ही सफर कर सकेंगे चार पहिया वाहन में अगर परिवार के दो बच्चे हैं तो उन्हें भी चलने की अनुमति होगी दुपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति चल सकता है लेकिन अगर कोई महिला पीछे बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी तिपहिया वाहनों में चालक के अलावा दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति है सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा प्रदेश में बारातघरों को खोलने की अनुमति दी गई है शादी समारोह में केवल बीस लोग शामिल हो सकेंगे इसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कटेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति दी है शहरी क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मण्डियां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लगाई जा सकेंगी मुख्य सब्जी मंडियों को सुबह चार बजे से सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी खुदरा वितरण सुबह छः बजे से नौ बर्ज के बीच होगा सब्जी मंडियों को खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह आठ बजे से शाम छ बजे तक खोला जा सकेगा राज्य सरकार ने प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खोलने की अनुमति दी है प्रदेश सरकार ने कंटेनमेन्ट जोन को नए तरीके से परिभाषित किया है शहरी क्षेत्रों में जहां एक संक्रमण का मामला है उसके ढाई सौ मीटर दायरे या पूरे मुहल्ले को कंटेनमेन्ट जोन माना जाएगा एक से ज्यादा संक्रमण के मामले होने पर पांच सौ मीटर तक का दायरा कंटेनमेन्ट जोन में आएगा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संक्रमण का एक मामला मिलेगा वहां राजस्व ग्राम सम्बंधित मजरा कंटेनमेन्ट जोन होगा एक से अधिक मरीज मिलने पर पूरे राजस्व ग्राम को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फन से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एनडीआरएफ ने तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने की योजना के बारे में प्रस्तुति भी दी इस बीच सुपर साइक्लोन अम्फन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य और आसपास के दक्षिणी मध्य क्षेत्र से होता हुआ उत्तर की ओर बढ़ गया है कल सुबह या दोपहर तक यह अत्यधिक गंभीर रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर जाएगा इस दौरान एक सौ पन्चानबे से दो सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है तूफान से ओडिशा पश्चिम बंगाल असम और मेघालय में हल्की से अत्यधिक तेज वर्षा होने की आशंका है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इकत्तीस मई रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की चौसठवीं कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकार्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई गॉव पर भी लिखकर भेज सकते हैं लोग एक नौ दो दो डायल कर एस एम एस में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं सुझाव इस महीने की पच्चीस तारीख तक दिये जा सकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक प्रदेश में वापस लाने के निर्देश दिये हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि अब तक प्रवासी श्रमिकों को लेकर प्रदेश में पांच सौ नर्बे रेलगाड़ियां आ चुकी हैं जिनसे सात लाख साठ हजार से अधिक कामगार राज्य में आये हैं उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिये बारह हजार बसों का प्रबन्ध किया गया है प्रत्येक जिले में दो सौ निजी बसें उपलब्ध कराई गई हैं कोई प्रवासी श्रमिक पैदल मोटर साइकिल व अन्य वाहनों से असुरक्षित यात्रा न करे इसके लिए मुख्यमंत्री ने पूलिस अधिकारियों को प्रमुख राजमार्गों पर रात में सघन गश्त के निर्देश दिये हैं परिवहन विभाग को बसों को संक्रमण मुक्त रखने और चालकों परिचालकों और यात्रियों को दिशा निर्देश का पालन कराने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में गठित निगरानी समितियों को सक्रिय रखने पर जोर दिया उन्होंने पृथकवास केन्द्रों और सामुदायिक रसोई घर को भी स्वच्छ रखने को कहा है श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण की जांच क्षमता बढ़ाने और कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या एक लाख करने के भी निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिये बसें उपलब्ध कराने को कहा था अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव को पत्र भेजकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने की जानकारी दी श्री अवस्थी ने एक हजार बसों की सुची चालक व परिचालक के नाम तथा अन्य विवरण उपलब्ध कराने को कहा है ताकि इन बसों का उपयोग प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहंचाने में किया जा सके देश में कोविड नाइन्टीन रोगियों के ठीक होने की दर अड़तीस दशमलव दो नौ प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से कुल छत्तीस हजार आठ सौ चौबीस रोगी स्वस्थ हो गये हैं जबकि तीन हजार उत्तीस लोगों की मृत्यु हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो हजार सात सौ पन्द्रह रोगी स्वस्थ हुए हैं प्रत्येक एक लाख की आबादी पर भारत में संक्रमित लोगों की संख्या करीब सात दशमलव एक है जबकि विश्व में एक लाख की आबादी पर लगभग साठ लोग संक्रमित हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल एक सौ अट्ठावन नए मामले मिले जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार हजार पांच सौ ग्यारह हो गई है कल राज्य में एक सौ बानबे लोग बीमारी से स्वस्थ हुए जिसके बाद अब तक स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर दो हजार छः सौ छत्तीस हो गई है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ तिरसठ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के बाकी बचे हुए विषयों के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं परीक्षाएं आगामी एक से पन्द्रह जुलाई के बीच कराई जाएगी सीबीएसई ने परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे सभी परीक्षा के दौरान व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनेंगे और अपने पास सेनेटाइजर रखेंगे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफार्म और एक कक्षा एक चैनल देश के कोने कोने में उत्कृष्ट शिक्षा को सुगम और सुलभ कराएगा उन्होंने कहा कि इस पहल से उत्कृष्ट शिक्षा समान रूप से उपलब्ध होगी और आने वाले समय में समग्र नामांकन अनुपात सुधरेगा श्री निशंक ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है उन्होंने कहा कि मानव पूंजी में निवेश करना राष्ट्र की उत्पादकता और समुद्धि में निवेश करने के समान है सोशल मीडिया में एक महिला के बारे में फर्जी वीडियो दिखाया जा रहा है वीडियो में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान यह महिला अपने शिश् के साथ रेलगाड़ी के दो डिब्बों के जोड़ पर बैठकर यात्रा कर रही है पत्र सूचना कार्यालय पी आई बी ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो बहुत पुराना है और बांग्लादेश का है भारत का इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है